झारखंड में ओबीसी एसटी और एससी का आरक्षण बढ़ेगा राज्य सरकार ने किया मसौदा तैयार

लद्दाख में भारतीय सीमा पर तैनात रांची के अभिषेक साहू हुए शहीद कल पहुंच सकता है पार्थिव शरीर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

मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जायेगा आकाशवाणी इस कार्यक्रम को हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा जिसे रात आठ बजे क्षेत्रीय भाषाओं में फिर से सुना जा सकता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में आरक्षण बढ़ेगा इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है कल दुमका में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और ओबीसी के आरक्षण में बदलाव कर उसे बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है जल्द ही यह मूर्त रूप लेगा उन्होंने यह भी कहा कि सरना धर्म कोड बिल के लिए विशेष सत्र बुलाने पर फैसला जल्द लिया जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही दस हजार बेटियों को नौकरी देगी वहीं खिलाड़ियों की भी सीधी नियुक्ति की जायेगी नवरात्र अनुष्ठान और दुर्गापूजा के समापन पर विजयदशमी आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास से मनायी जा रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु ने लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी है श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि यह त्यौहार देश की सांस्कृतिक एकता को सुद्रढ़ करता है और हमें अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडु ने दशहरा मनाते समय कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है इधर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को दुर्गापूजा और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं

बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें

देश में स्वस्थ होने वालों की दर नवासी दशमलव सात आठ प्रतिशत है

मंत्रालय ने कहा कि भारत में प्रति दस लाख की आबादी में सबसे कम संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं यह जांच उपचार और संपर्क की सरकार की नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण संभव हुआ है देश में इस महामारी से मरने वालों की दर एक दशमलव पांच एक प्रतिशत है यह विश्व में सबसे कम दर वाले देशों में से है

उन्होंने कहा कि आगामी त्योहारों और सर्दियों में पर्याप्त सावधानी और कोविड नियमों का समुचित पालन करने से इस महामारी से कारगर तरीके से निपटा जा सकेगा अगर अगले तीन महीने हमने प्रीकॉशन्स सावधानियां पूरा विजिलेंट रहकर और खासकर उसमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की मैंने जो बात की कि अच्छी तरह से मास्क को लोगों को लगाने की आदत को स्मरण कराना हैंड हाईजिन के बारे में रेस्प्रेट्री एडिकेट्स के बारे में दो गज की दूरी के बारे में भीड़ भाड़ के इलाकों को अवाइड करने के बारे में और जहां तक हो सकें फेस्टिवल्स को अपने परिवार के साथ घर में मनाने ये सारी जो छोटी छोटी बातें हैं उनको आग्रहपूर्वक सारे सरकारों को सभी स्वयंसेवी सस्थाओं को अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में फैलाने की आवश्यकता है

केन्द्र सरकार ने प्याज की कीमतें कम करने और देश भर में इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं

ये जो स्टॉक लिमिट्स लगाये गये हैं इसका मैसेज ये है कि नो वन इज टू होड दी ऑनियन्स एंड मैन्यूपुलेट दा प्राइसेज जिसका नुकसान आम कंज्यूमर को पूरे देश में सहन करना पड़ा दैट इज दा वैरी स्ट्रॉग मैसेज दैट वी आर गिवन आउट

राज्यभर में कोरोना संकमितों की संख्या में कमी आयी है संकमितो के स्वस्थ होने की दर बढ़कर तिरानवे दशमलव एक तीन फीसदी हो गई है वहीं देश का रिकवरी रेट नवासी दशमलव आठ शून्य प्रतिशत है लद्दाख में भारतीय सीमा पर तैनात रांची के सैनिक अभिषेक कुमार साहू शहीद हो गए हैं सैन्य अधिकारियों ने कल शाम अभिषेक के परिजनों को इसकी जानकारी दी परिजनों के अनुसार सेना के अधिकारियों ने बताया है कि अभिषेक का पार्थिव शरीर अभी करगिल में है शहीद का पार्थिव शरीर कल या मंगलवार को हवाई मार्ग से रांची लाया जा सकता है शहीद अभिषेक चान्हो के रहने वाले थे और दिसंबर दो हजार पंद्रह में वे नियुक्त हुए थे रामगढ़ जिले में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्थन मिशन के तहत चल रही योजनाओं का कार्य तेज कर दिया गया है

जिसमें मिर्जाचौकी थाना के कांड के उदभेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय आशीष कुजूर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर जाँच शुरू की गई थी वही पुलिस ने कांड का सफल अनुसंधान करते हुऐ एक मोटरसाइकिल सहित छः अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है चतरा पुलिस ने पीएलएफआई नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए एरिया कमांडर कृष्णा यादव दस्ते के उग्रवादी रंजन गोप को गिरफ्तार किया है दस्ता सदस्य नक्सली रंजन की गिरफ्तारी थाना क्षेत्र के बचरातांड इलाके से हुई है वह रांची के रातू थाना क्षेत्र अंतर्गत चिलदाग हुहुरी गांव का रहने वाला है

ग्रामीण हाथियों के दल को भगाने मे जुट गए हैं हाथियों के झुंड को भगाने के लिए वन विभाग के कर्मचारी लगे हुए हैं बता दें कि कर्रा प्रखंड क्षेत्र के कई इलाकों में लोग भालू के आतंक से परेशान थे अब धान की फसल लगभग तैयार हो गयी है तो झुंड के झुंड हाथियों का दल खेत खलिहान और गांवों में घूम रहा है इससे भी लोग परेशान हैं

उन्होंने बताया कि पुलिस ने बिहार के जमुई जिला से विकास पासवान दीपक कुमार पासवान दीपक कुमार व एक अन्य विकास तुरी को एक देसी कट्टा एक कारतूस मोबाइल एवं पम्प से लुटे गये बैग के साथ गिरफ्तार किया है आईपीएल में आज दो मैच खेले जाएंगे

किंग्स इलेवन पंजाब के क्रिस जोडर्न को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया

कोलकाता नाइट राइडर्स के वरुण चक्रवर्ती को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया उन्होने पांच विकेट लिये थे और आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी दैनिक अखबारों ने दुमका में कल मुख्यमंत्री ने कहा झारखंड में आरक्षण बढ़ेगा इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक हिंदुस्तान की सुर्खी है दुमका में मुख्यमंत्री बोले ओबीसी एसी और एसटी का आरक्षण बढ़ेगा दैनिक प्रभात खबर लिखता है झारखंड में आरक्षण बढ़ेगा मसौदा तैयार मुख्यमंत्री ने कहा खिलाड़ियों की होगी सीधी नियुक्ति दैनिक भास्कर देश में सात माह बाद अब कंट्रोल में आया कोरोना शीर्षक से लिखता है भारत में अब हर सौ टेस्ट में पांच से कम मरीज दैनिक जागरण की सुर्खी है किसानों को मजबूत बना रही है केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात को दिया तीन परियोजनाओं का तोहफा दैनिक रांची एक्सप्रेस लिखता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा आरक्षण के दायरे में होगा बदलाव राष्ट्रीय जनता दल ने कहा दस लाख नौकरियां और किसानों को अधिकतम न्यूनतम समर्थन मूल्य अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स की सुर्खी है